उत्तराखंड और हरियाणा के बीच किसाऊ बहउद्देश्यीय परियोजना से बिजली और पानी की भागीदारी के संबंध में निर्णय हो गया है जल्द एमओयू होगा देहरादून में प्रथम दून इंटरनेशनल डेयरी और कृषि एक्सपो शुरूमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा हैस्टेकहोल्डर की बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चा हुई स्लग राष्ट्रपति कोविदं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है

उन्होंने कहा कि यह जानना उनका अधिकार है कि सरकारी सेवायें किस तरह पहुंचाई जा रही हैं और लोक निर्माण और कल्याणकारी कार्यक्रम किस तरह चलाये जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि सुचना का अधिकार नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास के सामाजिक अनुबंध को और मजबूत करता है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 उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की बर्बादी पर अंकृश लगाने के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए सम्मेलन में सभी मौजूदा और पूर्व मुख्य सुचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के आयुक्त सूचना अधिकार कार्यकर्ता और सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठन भाग ले रहे हैं स्लग उत्तराखंड हरियाणा एमओयू मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसाऊ लखवाड़ और रेणुका बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से उत्तराखंड और हरियाणा की बिजली और पानी की जरूरतें पूरी होंगी देहरादून में मुख्यमंत्री श्री रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच किसाऊ लखवाड़ और रेणुका जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में चेर्चा की गई मुख्यमंत्री ने कहा कि किसाऊ लखवाड़ और रेणुका बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए साझा प्रयास किये जा रहे हैं दोनों राज्यों के बीच किसाऊ बहउद्देश्यीय परियोजना से सम्बन्धित बिजली और पानी की भागीदारी के सम्बन्ध में निर्णय हो गया है जल्द ही किसाऊ और रेणुका बहउद्देश्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एमओयू किया जाएगा परियोजना से उत्तराखण्ड को बिजली और हरियाणा को सैतालीस प्रतिशत पानी आपूर्ति होगी दोनों राज्य संयुक्त रूप से केन्द्र सरकार से किसाऊ परियोजना के सम्बन्ध में जल्द से जल्द टेन्डर की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करेंगे

श्री रावत ने कहा कि जल्द ही उत्तराखण्ड और हरियाणा के बीच परिवहन के सम्बन्ध में भी एमओयू किया जाएगा

बदरीनाथ पहुंचने पर जोशीमठ के एसडीएम और मंदिर कमेटी के सीईओ ने उनका स्वागत किया श्री खट्टर ने गर्भ गृह में भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन किये उन्होंने देश और प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की उन्होंने विशेष प्रजा में भी भाग लिया गौरतलब है कि मुख्यमंत्री खट्टर ब्रहस्पतिवार को हेलीकॉप्टर से औली पहंचे थे दरअसल मौसम खराब होने के कारण वो बदरीनाथ धाम नहीं पहंच पाये और उनके हेलीकॉप्टर को जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पर उतरना पड़ा इस दौरान उन्होंने जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर के दर्शन भी किये कल रात औली में ठहरने के बाद उन्होंने आज बदरीनाथ के दर्शन किये स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने नशीली दवाइयों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने अभिभावकों के साथ बैठक करने और नशीली दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं राज्यपाल ने रुद्रपुर में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल से जनपद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सदानंद दाते से कानून व्यवस्था की जानकारी ली बैठक में राज्यपाल ने कहा कि महिला हेल्पलाइन में जो भी महिला शिकायत करती है उसका रिकॉर्ड रखा जाय उन्होंने गरीब बच्चों महिलाओं के उत्थान के लिये सीएसआर मद से उनकी सहायता करने के भी निर्देश दिये श्रीमती मौर्य ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने जिले के सभी कार्य ठीक से कर ले तो कही कोई समस्या नही आयेगी उन्होने जनपद में क्रषि स्वास्थ्य शिक्षा खनन आदि की भी जानकारी ली बैठक में सचिव आरके सुधांशएडीसी डा असीम श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल सीएमओ डा शैलजा भट्ट मुख्य कृषि अधिकारी डा अभय सक्सेना आदि उपस्थित थे किसान मेला मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड में पीडीएफए उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित प्रथम दून इंटरनेशनल डेयरी एवं कृषि एक्सपो का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने सभी किसानों पशुपालकों और डेयरी उद्योग से जुड़े प्रतिभागियों की प्रदर्शनियों का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्द्वन किया इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि यहां आने वाले किसान इस मेले के जरिए विभिन्न जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे

बैठक के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ ने पत्रकारों को बताया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने से संबंधित पूरे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों के सहयोग से निर्धारित समय पर इस प्रोजेक्ट के टेंडर और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बैठक में टिहप्री सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा देहरादून के विधायक खंजान दास और उमेश शर्मा काऊ के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी रखा स्लग सुकन्या योजना केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना यानी सुकन्या समुद्धि योजना की श्रुआत की है

इसमें बालिका के माता पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं कोटद्वार में कई लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं

कुसुम देवी ने अपनी दो बेटियों के नाम खाता खुलवाया है

मीरा देवी भी इस योजना से बेहद खुश है उनका कहना है कि सभी को अपनी बेटियों के लिए खाता खुलवाना चाहिए

इस संबंध में हुई बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी ने बताया कि क्षेत्र के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था समिति में राज्य आपदा प्रबंधन के अलावा जापान के विशेषज्ञ ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिमोट सेंसिंग जियोलॉजिस्ट लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के इंजीनियर शामिल थे समिति ने टोपोग्राफिकल सर्वे कराने सुरक्षा संरचना बनाने और सतह पर जल निकासी का सुझाव दिया था बैठक में निर्णय लिया गया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के विशेषज्ञ इस पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देंगे इस दौरान भूस्खलन रोकने के लिए जापानी विशेषज्ञों के सुझाव पर भी विचार विमर्श किया गया